इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे विधानसभा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियों के अलावा सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पट्टल पर रखे जाएंगे

सदन में कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना को लेकर बंदिशें लगाने का निर्णय स्थिति के अनुसार ही लिया जाएगा विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण जारी है और आगामी तीन चार दिन में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे

उन्होंने लोगों से कोरोना के टीके लगाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है गोविंद सिंह ठाकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाक़र ने कहा है कि निजी स्क़ल फीस नियंत्रण विधेयक पर गहन मंथन की जरूरत है विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परामर्श का दौर जारी है और सरकार जल्दबाजी में नहीं है एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेरोज़गार कला शिक्षकों के पद भरने के लिए संस्तुति भेज दी गई है किशन कपुर सांसद किशन कपूर को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति शिमला का सदस्य नामांकित किया गया है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के उपसचिव अजय कुमार झा ने ये जानकारी दी है समिति का सदस्य बनाए जाने पर सांसद किशन कपूर कर दाताओं को हो रही परेशानियों और उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे

विधानसभा सत्र पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है विपक्ष हमलावर गुस्साए सीएम सदन में घेरे जल शक्ति मंत्री टेंडर में बड़े स्कैम की जताई आशंका जयराम ठाकुर बोले बार बार गलत आरोप लगाना सही नहीं हिमाचल दस्तक का शीर्षक है जल जीवन मिशन में भेदभाव के आरोपों पर गरमाया सदन विपक्ष बोला बजट स्कीमों नौकरियों में भेदभाव हुआ आपका फैसला लिखता है मुकेश अग्निहोत्री ने बजट बंटवारे को लेकर सरकार से मांगा श्वेत पत्र

दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है केस बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे हालात नहीं कि संस्थानों को बंद किया जाए पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में तुरंत कफ्यू या लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल में अब दोबारा बनेंगे कंटेनमेंट जोन अजीत समाचार की एक खबर है नई दिल्ली व केवड़िया में बनेंगे राज्य अतिथि गृह

नमस्कार